आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा हमारे वीर सैनिकों ने सिद्ध कर दिया है कि वे मां भारती के गौरव और सम्मान पर किसी को बूरी नजर नहीं डालने देंगे झारखंड में कुल कोरोना संकमितो की संख्या बढ़कर हुई दो हजार तीन सौ चौसठ एक हजार सात सौ चौबीस लोग हुए स्वस्थ

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किये उन्होंने कहा कि मन की बात ने वर्ष दो हजार बीस में अपना आधा सफर अब पूरा कर लिया है श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान हमने अनेक विषयों पर बात की स्वाभाविक है कि जो वैष्यिक माहामारी आयी है मानव जाति पर जो संकट आया है उस पर हमारी बातचीत कुछ ज्यादा ही रहीं लेकिन इन दिनों मैं देख रहा हूं लगातार लोगों में एक विषय पर चर्चा हो रही है कि ये साल कब बीतेगा उन्होंने कहा कि छह सात महीने पहले हम कहा जानते थे कि कोरोना जैसा संकट आयेगा और इसके खिलाफ लडाई इतनी लंबी चलेगी ये संकट तो बना हुआ है ऊपर से देष में नित नई चुनौतियां सामने आती जा रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि मुष्किलें आती हैं संकट आते हैं लेकिन सवाल यही है कि क्या इन आपदाओं की वजह से हमें वर्ष दो हजार बीस को खराब मान लेना चाहिए श्री मोदी ने कहा कि एक साल में एक चुनौती आये या पचास नंबर कम ज्यादा होने से वो साल खराब नहीं हो जाता

प्रधानमंत्री ने कहा कि एक सौ तीस करोड़ देषवासी आगे बढ़ेंगे तो यही साल देष के लिए कीर्तिमान बनाने वाला साल साबित होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि संकट चाहे जितना भी बड़ा हो भारत के संस्कार निःस्वार्थ भाव से सेवा की प्रेरणा देते हैं भारत ने जिस तरह से मुष्किल समय में दुनिया की मदद की उसने आज शांति और विकास में भारत की भूमिका को और मजबूत किया है उन्होंने कहा कि लददाख में हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं उनके शौर्य को पूरा देष नमन कर रहा है श्रद्वांजलि दे रहा है श्री मोदी ने कहा कि कोई भी मिषन जनभागीदारी के बिना पूरा नहीं हो सकता सफल नहीं हो सकता

इसके तहत व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा केन्द्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि संकल्प पर्व के दौरान लोगों से प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए पांच वुक्षों बरगद आंवला पीपल अशोक और बेल के पौधे लगाकर देश के औषधीय पौधों को महत्व देने की परम्परा को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया गया है उन्होंने कहा कि इन वृक्षों के पौधे उपलब्ध न होने पर लोग अपनी पसंद के पौधे भी लगा सकते हैं केन्द्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जन मृण्डा ने कल वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से जनजातीय उत्पादों को ट्राईफेड की एक नई वेबसाइट गवर्नमेंट इ मार्केट प्लेस के माध्यम से लॉच किया इ मार्केट प्लेस जनजातीय उत्पादों की खरीद को सुविधाजनक बनाने में मदद करेगा इस अवसर पर श्री मृण्डा ने कहा कि ट्राईफेड वॉरियर्स की टीम आदिवॉसी जीवन और उनके आजीविका को बदलने के लिए वेन उत्पादों हथकरघा और हस्तषिल्पों के आधार पर ऊंचा उठाने का कार्य करेगी उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदायों को सषक्त बनाना और उन्हें मुख्य धारा में लाना उनकी प्राथमिकता है इस मौके पर ट्राईफेड के अध्यक्ष रमेष चंद्र मीणा ने कहा कि उम्मीद जतायी जा रही है कि दो लाख करोड़ की जनजातीय अर्थव्यवस्था जल्द ही दोगुनी हो जायेगी लोहरदगा जिला में संकट के इस समय में जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन लगातार काम कर रहा है

वहीं सतहत्तर मरीजों को विभिन्न अस्पतालों से स्वस्थ होने के बाद छट्टी दे दी गयी है राज्य में अब क्ल संकमितों की संख्या दो हजार तीन सौ चौसठ हो गयी है

पिछले चौबीस घंटों में सतहत्तर मरीज स्वस्थ हुए राज्य में अब तक एक हजार सात सौ चौबीस मरीज स्वस्थ हो चुके हैं वहीं सकिय मरीजों की संख्या छह सौ चौबीस है

हजारीबाग जिले में कोरोना संक्रमण से जेल को मुक्त रखने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कवायद शुरू कर दी गई है

हजारीबाग मेंडिकल कॉलेज अस्पताल में कल आधा दर्जन से अधिक कैदियों और बंदियों की कोरोना जांच के बाद उन्हें जेल भेजा गया कोर्रा थाना के पुलिस पदाधिकारी मनोज कमार आर्य ने बताया कि बरही की घटना से सबक लेते हुए जांच करा कर कैदियों को जेल भेजा जा रहा है बताते चलें कि बरही में एक वारंटी की गिरफ्तारी के बाद उसके कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी मिली इसके बाद बरही थाना को ही कंटेनमेंट जोन बनाया गया और थाना प्रभारी सहित सभी अधिकारियों को आइसोलेट कर उनकी जांच की गई इधर सदर एसडीओ मेघा भारद्वाज ने भी बताया कि अब समी कैदियों और बंदियों की जांच के बाद उन्हें जेल भेजा जा रहा है उन्होंने यह भी बताया कि जेल में आइसोलेशन वार्ड बना है वहां कैदियों को रखने के बाद ही फिर सेल में भेजा जाता है

विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी बैठक में हिस्सा लिया स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में अब तक तीन लाख से अधिक कोरोना के रोगी इलाज के बाद ठीक हुए हैं

साहिबगंज जिले के बोरियों थाना क्षेत्र के अनाज व्यवसायी अरूण साह की अपहरणकर्ताओं ने हत्या कर दी है

अरुण साह को मुक्त कराने गई बरहेट पुलिस पर कल अपराधियों ने हमला कर दिया था एक एएसआई को पेट में गोली लगी थी जिसे इलाज के लिए रांची ले जाया गया है हमारे साहिबगंज संवाददाता ने बताया कि व्यवसायी अरुण साह की गोली मारकर अपराधियों ने हत्या कर शव को बोरियो थाना क्षेत्र के छोटा बरमसिया में फेंक दिया सुबह ग्रामीणों ने शव देख बोरियो थाना को सूचना दी एसपी अनुरंजन किसपोद्दा और थाना प्रभारी सहित पुलिस दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुँचकर मामले कि जांच में जूटे हैं मौसम विभाग ने पलाम चतरा हजारीबाग कोडरमा गिरिडीह और गोड़डा समेत कई जिलों में अगले अडतालीस घंटों तक भारी बारिष और वज्रपात होने की चेतावनी जारी की है रांची स्थित मौसम विभाग के निदेषक एसडी कोटाल ने बताया कि राज्य के कई हिस्सों में कल से दो जुलाई तक मध्यम और हल्की बारिष होने की संभावना है बंगाल की खाड़ी से आ रही हवा और झारखंड में मिल रही पर्याप्त नमी से बारिष की संभावना बनी हुई है